वे आज शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित पर्यावरण उत्कृष्ठता पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लोगों द्वारा पलास्टिक पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए दिए गए सहयोग की सराहना की उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण संबंधित कई चुनौतियां हैं और प्रकृति को नुकसान से बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विचार की जरूरत है जयराम ठाकुर ने लोगों से पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता कायम रखने में सरकार के प्रयासों में सहयोग का आहवान किया

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में संत निरंकारी चैरिटेबल फांउडेशन द्वारा आयोजित पर्यावरण दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी मांग है और इस दिशा में समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है भारद्वाज ने निरंकारी मिशन द्वारा समाज सेवा सहित अन्य सामाजिक कार्यों में दिए जा रहे योगदान की भी सराहना की राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल जल्द ही प्राकृतिक कृषि प्रदेश बनकर उभरेगा और दूसरे राज्यों के लिए भी आदर्श स्थापित करेगा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आज एक प्रशिक्षण शिविर के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से जहां फसल की उत्पादन लागत लगभग शून्य हो जाती है वहीं किसानों को उत्पादों के मूल्य भी अधिक मिलते हैं

आर्थिक गणना सातवीं आर्थिक गणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि इस महीने के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में देश भर में गणना का कार्य शुरू हो जाएगा केन्द्रीय सांख्यिकी मंत्रालय योजनाबद्व तरीके से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा आर्थिक गणना का कार्य पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा आर्थिक गणना में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थापित सभी प्रतिष्ठानों और व्यापारिक संस्थानों की पूरी गणना की जाती है पैंशनर राज्य विद्युत परिषद पैंशनर कल्याण संघ का राज्य स्तरीय अधिवेशन आज सोलन में हुआ इसमें प्रदेश भर से विद्युत विभाग के पैंशनरों ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि पैंशनरों की उचित मांगों को सरकार तक प्रमुखता से पहुंचाया जाएगा ईद ईद उल फितर का त्यौहार आज प्रदेशभर में पारम्परिक हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया जा रहा है यह त्यौहार आपसी भाईचारे क्षमा व उदारता का प्रतीक है इस मौके पर शिमला समेत प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों में नमाज अता की जा रही है नाहन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अता दी इस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिरकत की उन्होंने लोगों को ईद की बधाई दी और कहा कि ईद त्याग तपस्या और समर्पण का प्रतीक है उधर चम्बा में विभिन्न समुदाय के लोगों ने ईद के मौके पर गले मिलकर खुशी का इजहार किया अंजुमन ईस्लामिया कमेटी की चम्बा इकाई के अध्यक्ष दिलदार अली शाह ने बताया कि चम्बा में इस त्यौहार को लोग मिलजुल कर उत्साह के साथ मनाते हैं